नई दिल्ली में राजपथ पर आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली परेड में देश की विविधता विभिन्न क्षेत्रों में आध्निक भारत की उपलब्धियों और सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया गया दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति श्री रामाफोसा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि रहे इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इण्डिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की इस अवसर पर राष्ट्रपति ने लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया लांस नायक वानी की ओर से उनकी माता और पली ने यह सम्मान ग्रहण किया इस वर्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की झांकियों को गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल किया गया परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी में गांधी जी की बनारस और काशी विद्यापीठ की ऐतिहासिक यात्राओं को प्रदर्शित किया गया उत्तर प्रदेश में गणतंत्र दिव्स उत्साह उमंग और देशभक्ति की भावना के साथ ध्र्क्याम से मनाया जा रहा है राज्य के विभिन्न जिलों में प्रमातफेरियां निकाली गयीं और राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया लखनऊ में विघानभवन के सामने आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राज्यपाल राम नाईक ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगी तथा गण्यमान्य लोग इस मौके पर उपस्थित थे स्कूली बच्चों ने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तत किये एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता से बाइट एम एस यादव राज्यपाल रामनाईक ने विधान भवन के सामने गणतंत्र दिक्स पर संदर ढंग से आयोजित भव्य परेड की सलामी ली

स्कूली बच्चों द्वारा मेक इन इंडिया ड्रिल ने दर्शकों को मंत्र मुख कर दिया मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ राज्य के सभी जिलों में गणतंत्र दिवस ध्मधाम से मनाये जाने की सूचना है जिलों में स्थित पुलिस लाइन्स में मुख्य कार्यक्रम आयोजित हुये विभिन्न जिलों में राज्य सरकार के मंत्रियों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया कुछ स्थानों पर सांसदों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने ध्वजारोहण किया गोरखप्र में प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने परेड की सलामी ली जौनप्र पुलिस लाइन्स में आयोजित कार्यक्रम में नगर विकास राज्य मंत्री गिरीश चन्द्र यादव ने ध्वजारोहण किया प्रतापगढ़ में राजेन्द्र प्रताप उर्फ मोर्तो सिंह ने ध्वजारोहण किया तथा परेड की सलामी ली वाराणसी में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकण्ठ तिवारी ने ध्वजारोहण किया तथा परेड की सलामी ली उन्होंने वहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मानित भी किया प्रदेश के विभिन्न जिलों में इस मौके पर स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को सम्मानित किया गया राज्य के कई जिलों में आज देर शाम राष्ट्रीय एकता और अखण्डता पर आधारित कवि सम्मेलनों और मुशायरों के आयोजन के समाचार मिले हैं

इसके अलावा सशस्त्र बलों के जवानों को रक्षा अलंकरण भी प्रदान किये जायेंगे मेजर तुषार गाबा को कीर्ति चक्र से और सोवर विजय कुमार राजेन्द्र कुमार नैन और प्रदीप कुमार पांडा को मरणोपरांत सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले दो दिनों से रूक रूक कर हो रही बारिश की वजह से दीवार गिरने की दर्घटना हयी है इस हादसे में परिवार के तीन अन्य सदस्य घायल हो गये हैं जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है

वहीं कई क्षेत्रों में अधिक वर्षा जल भराव और ठंड के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आकाशीय बिजली गिरने से प्रदेश के विभिन्न भागों में आठ लोगों के मौत की खबर है इस वर्षा को कृषि विशेषज्ञों ने फसलों के लिये विशेषकर गेहूँ और चना की फसल के लिये लाभदायक बताया है वहीं ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान भी हुआ है प्रयागराज कुंभ क्षेत्र में सुबह वर्षा के साथ ओलावृष्टि से तापमान काफी गिर गया जिससे सबसे ज्यादा कल्पवासी प्रभावित हुए है